केन्द्रीय स्वास्थ्य मंत्री हर्षवर्धन ने डॉक्टरों से हड़ताल खत्म करने की अपील की कहा एनएमसी विधेयक देश के हित में

गाय के संरक्षण को लेकर पक्ष विपक्ष की नोकझोंक के कारण विधानसभा में अटका संकल्प

लोकसभा इसे पहले ही पारित कर चुकी है विधेयक पर हुई चर्चा का जवाब देते हुए केन्द्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने आंतकवाद के खिलाफ एनडीए सरकार की प्रतिबद्धता को दोहराया

कुछ सदस्यों की इस आपत्ति पर की व्यक्तियों को आंतकवादी नहीं घोषित किया जाना चाहिए गृह मंत्री ने कहा कि अमरीका पाकिस्तान और चीन जैसे देशों में व्यक्तियों को आंतकवादी घोषति किए जाने का प्रावधान है उन्होंने विपक्ष की इन आशंकाओं को खारिज किया कि किसी निर्दोष व्यक्ति को आतंकवादी घोषित कर दिया जायेगा

श्री शाह ने विपक्षी सदस्यों को आश्वस्त किया कि इस विधेयक से मानवाधिकारों का कोई उल्लंघन नहीं होगा और इसका दुरूपयोग नहीं किया जायेगा

उन्होंने डॉक्टरों को बताया कि यह विधेयक स्वयं उनके रोगियों और देश के हित में है बाद में मीडिया से बातचीत में स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि उन्होंने विधेयक के कुछ प्रावधानों पर डॉक्टरों की भ्रांतियों को दूर किया है स्वास्थ्य मंत्री ने डॉक्टरों से अपना विरोध समाप्त करने का अनुरोध किया

मुख्य न्यायाधीश रंजन गोगोई की अध्यक्षता वाली पांच सदस्यीय संविधान पीठ ने कहा कि इस विवाद के निपटारे के लिए शुरू की गयी मध्यस्थता प्रक्रिया असफल रही है और अब इसकी नियमित सुनवाई की जायेगी शीर्ष अदालत के पूर्व न्यायाधीश एफ एमआई कलीफुल्ला सामाजिक कार्यकर्ता श्रीरविशंकर और मध्यस्थता मामले के विशेषज्ञ अधिवक्ता श्रीराम पंचू की मध्यस्थता समिति ने कल संविधान पीठ के समक्ष सीलबंद लिफाफे में अपनी रिपोर्ट सौंपी थी संविधान पीठ ने रिपोर्ट का उल्लेख करते हुए कहा कि मध्यस्थता प्रक्रिया बेनतीजा रही

इस बीच सेना ने कहा है कि जम्मू कश्मीर में नियंत्रण रेखा के पास स्थिति नियंत्रण में है और काफी हद तक शांतिपूर्ण है

सदन में विधायक शकृंतला रावत ने गाय के संरक्षण को लेकर संकल्प प्रस्तुत किया श्रीमर्ती रावत ने गाय की महिमा और उसके फायदे बताते हुए गौशालाओं का तहसील स्तर पर रजिस्ट्रेशन किये जाने की बात कही इस दौरान प्रतिपक्ष के उपनेता राजेन्द्र राठौड़ की एक टिप्पणी पर पक्ष और विपक्ष के सदस्यों के बीच नोकझोंक हुई विपक्ष के कुछ सदस्य एक बार तो वैल में आ गये लेकिन सभापति राजेन्द्र पारीक के वापस अपनी जगह भेजने पर मामला शांत हुआ संकल्प के दौरान श्री राठौड़ ने पशुधन को देश के आर्थिक विकास का मेरूदंड बताते हुए कहा कि आज गोचर और औरण भूमि पर अतिक्रमण हो रहे है उन्होंने सुझाव दिया कि अभियान चलाकर गोचर और औरण भूमि का सीमांकन किया जाना चाहिए तथा इसे मनरेगा के साथ भी जोड़ा जाना चाहिए

आज प्रश्नकाल के दौरान श्री जूली ने बताया कि असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों के लिए अलग अलग कल्याण बोर्ड बने हुए हैं जिनमें जल्द ही गैर राजकीय नियुक्ति की जाएगी उन्होंने कहा कि जन घोषणा पत्र के अनुसार नाई धोबी कुंभकार और हलवाई के कल्याण के लिए जल्द ही नीति बनाकर कार्यवाही की जाएगी

उन्होंने कहा कि इन बाघों को जहर देकर शिकार करने के मामले में आरोपियों पर कार्रवाई की गई है उन्होंने बताया कि बाघों की अप्राकृतिक मौत के मामलों की जांच करवाई जा रही है

सरकारिता मंत्री उदयलाल आंजना ने विधानसभा में एक सवाल के जबाव में बताया कि आचार संहिता के कारण समितियों के कार्यकाल समाप्त होने के बाद च्नाव नहीं हो पाए थे उन्होंने ऐसी समितियों के चुनाव जल्द से जल्द करवाए जाने का आश्वासन दिया

उन्होंने इसके लिए आज विधानसभा में स्थगन प्रस्ताव भी पेश किया सदन के बाहर पत्रकारों से बातचीत करते हुए श्री सिंघवी ने कहा कि बारां जिले में आम लोगों को सरकार की कई योजनाओं का लाभ नहीं मिल पा रहा है जो चिंता का विषय है

ये जिले है अजमेर बारा भरतपुर बूंदी भीलवाड़ा चित्तौडगढ़ दौसा जयपुर झालावाड़ कोटा सवाई माधोपुर टोंक और सीकर इन अधिकांश जिलों में इस दौरान गरज के साथ भारी वर्षा होने की संभावना है

सात जिलों में सामान्य से कम बारिश दर्ज की गई झुन्झुनू और सीकर में असामान्य बारिश जबकि अजमेर भीलवाड़ा बूंदी च्रू जयपुर कोटा नागौर प्रतापगढ़ राजसमंद और सवाईमाधोपुर में सामान्य से ज्यादा बारिश दर्ज की गई

दण्ड प्रक्रिया संहिता के तहत अब तक अभियुक्त अपनी आवाज के नमूने देने के लिए कानूनी रूप से बाध्य नहीं थे

योजना के तहत चलाये जाने वाले इस अभियान का उद्देश्य बच्चों में पुलिस की कार्य प्रणाली और व्यवहार के बारे में सकारात्मक सोच पैदा करना है